आज ईद उल अजहा का त्यौहार हरियाणा पंजाब और चण्डीगढ में पूरी श्रद्वा के साथ मनाया गया प्राधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत को तेजी से बदलते विश्व में प्रभावशाली भूमिका निभाने के लिए उसी रफतार से बदलना होगा आज अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट इंडिया हैकाथन में विद्यार्थियों को संबोधित करते हए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को तीन बातें शिक्षा परीक्षा व प्रश्न पूछना और समाधान निकालना कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए और आप लोग प्रश्न का हल ढूंड निकालोगे

इस मौके पर परिवहन मंत्री के साथ रोडवेज डिपो फरीदाबाद के महाप्रबंधक राजीव नागपाल और पलवल के महाप्रबंधक एनके गर्ग भी मौजूद रहे चंडीगढ़ से विभाग के महानिदेशक श्री वीरेंद्र दहिया और संयुक्त निदेशक राज्य परिवहन श्रीमती मीनाक्षी राज वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े

श्री मूलचंद शर्मा ने विभाग के आला अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि अब चालक व परिचालक इस नीति के तहत अपनी मनपसंद के स्थानों पर तबादला करवा सकेंगे

केन्द्र सरकार ने अधिकारियों से स्कूल बंद होने पर भी स्कूल जाने वाले बच्चों का पोषण और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा भत्ता जारी करने को कहा है इसमें खाद्यान दलहन तेल और अन्य वस्तुए शामिल हैं यह भत्ता खाना पकाने की लागत के बराबर होगा केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि मिड डे मील योजना के तहत सभी पात्र बच्चों को पके हुए गर्म भोजन की जगह यह भत्ता दिया जायेगा उन्होंने कहा कि स्कूल खुलने पर मिड डे मील फिर से नियमित रूप से मिलेगा

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आगामी बुधवार को महिला एवं किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना का विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुभारंभ करेंगे एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इन योजनाओं का शुभारंभ राज्य के सभी उपायुक्तों द्वारा जिला स्तर पर भी किया जायेगा इस दिन ग्राम स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा सैनिटरी नेपकिन और फोर्टिफाइड सुगंधित स्किम्ड मिल्क पाउडर घर घर जाकर लाभार्थियों को वितरित किया जायेगा

आज हरियाणा पंजाब और चण्डीगढ में ईद उल अजहा का त्यौहार पूरी श्रद्धा के साथ मनाया गया

मुस्लिम समुदाय के अधिकतर लोगों ने अपने घरों में रहकर ही ईद मनाई अंबाला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंबाला छावनी की प्राचीन जामा मंस्जिद में सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते हुए ईद का त्यौहार मनाया गया इसी तरह यमुनानगर में भी ईद उल अजहा का त्यौहार पूरी श्रद्धा से मनाया गया बूड़िया चांदपुर यमुनानगर जगाधरी प्रतापगढ़ और साढौरा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सामाजिक दूरी का ख्याल रेखते हुए नमाज अदा की फरीदाबाद में भी बकरीद पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी

बाजारों में भी ईद की खरीददारी को लेकर कम रौनक नजर आई

उन गावों में कासनी कला कासनी खूद सुरपुरा कला और सुरपुरा खुर्द सिधनवां सेरला गोपालवास हरियावास व मंढोली कला गांव शामिल हैं हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में लगाई गई एमआरआई मशीन का उदघाटन किया इस मौके पर मीडिया से बातचीत में श्री विज ने बताया कि अब नागरिक अस्पताल में लोगों को सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल सकेंगी

श्री विज ने आज पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए ऑनलाइन दाखिले का शुभारंभ भी किया

हरियाणा राज्य विज्ञान नवाचार एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार तथा हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रख्यात वैज्ञानिकों से नामांकन आमंत्रित किए हैं

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार के तहत चार लाख रुपये का नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र जबकि हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार के तहत एक लाख रुपये का नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा